इसमें अगले तीन साल के लिए दस हजार सात सौ चौहत्तर करोड़ रुपए खर्च होंगे

साथ ही उन्होंने राष्ट्रीय पेंशन योजना की शुरूआत भी की स्वरोजगारियों और छोटे व्यवसायी भी इस राष्ट्रीय पेंशन योजना का लाभ उठा सकते हैं

श्री मोदी ने आदिवासियों के बच्चों के भविष्य को संवारने के लिए चार सौ एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों का भी उद्घाटन भी किया इन स्कूलों में खेलकूद कौशल विकास पर ध्यान दिया जायेगा उन्होंने कहा कि सरकार एक आदिवासी बच्चे पर एक लाख रूपये से अधिक साल भर में खर्च करेगी नई शिक्षा नीति देश की महत्वाकांक्षी नई शिक्षा नीति जल्द साकार होने जा रही है मानव संसाधन विकास मंत्रालय अगले माह तक इसे पेश कर सकता है नीति के लिए मिले दो लाख सुझावों का मंत्रालय अध्ययन कर रहा है

इसके लिए पूर्व कैबिनेट सचिव टीएसआर सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था

आज के दिन विभिन्न झांकियों में स्थापित की गई थी गणेश की मूर्तियों का चल समारोह निकाल कर पवित्र नदियों और सरोवरों में विसर्जित किया जाता है इसके साथ ही दस दिनों से चल रहा गणेश उत्सव सम्पन्न हो जायेगा प्रषासन ने विसर्जन की तैयारियां पूरी कर ली हैं पर्यावरण संरक्षण के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी मूर्तियों के विसर्जन के लिए प्रशासन ने अलग से जलकुंड बनवाये हैं ताकि जल को प्रदूषित होने से बचाया जा सके प्रदेश के विभिन्न जिलों से मिल रहे समाचारों के अनुसार गणेश विसर्जन और चल समारोह को लेकर लोगों में खासा उत्साह है प्रषासन ने सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किये हैं वहीं आगरमालवा सहित जिले के सुसनेर नलखेड़ा सोयतकलां तनौड़िया बड़ौद और कानड़ में गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन किया जा रहा है स्वच्छता धार स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम के अंतर्गत कल धार जिले की सभी सात सौ इकसठ ग्राम पंचायतों में ग्रम सभाओं का आयोजन किया गया इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के संदेश का प्रसारण भी लोगों ने सुना सीधा प्रसारण ग्रामीणों ने उत्साह के साथ देखा और ग्राम सभा में लोगों ने पॉलीथिन मुक्त ग्राम बनाने के लिए संकल्प लिया मौसम बारिश पूरे प्रदेश में जोरदार बारिश हो रही है आज सुबह से ही राजधानी भोपाल में हल्की और कभी तेज बारिश हो रही है प्रदेश के विभिन्न जिलों से भी बारिश होने के समाचार मिल रहे हैं मूसलाधार बारिश के चलते राज्य की लगभग सभी नदियां उफान पर हैं और अधिकांश बांधों के गेट खोले जा चुके हैं

हमारे रायसेन संवाददाता ने बताया है कि भारी बारिश के बाद जिले के बारना बांध से पानी छोड़ा जा रहा है